केन्द्र सरकार द्वारा देशभर के कचरा मुक्त शहरों की आज जारी सूची में अंबिकापुर को फाईव स्टार रेटिंग दी गई

इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना के कूल मरीजों की संख्या बढ़कर सौ हो गई है आज राजनांदगांव में चार और कोरबा में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित पाए गए सभी चार मजदूर मुंबई से आए हैं वहीं कोरबा का मरीज नई दिल्ली से लौटा था ये सभी प्रवासी मजदूर है और इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था वहीं रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र स्थित तोलमा और सोनाजोरी गांव में भी कल दो प्रवासी मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं ये मजदूर हाल ही में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इधर कोंडागांव जिले के केशकाल में एक प्रवासी श्रमिक रैपिड टेस्ट में कोरोना संदिग्ध पाया गया है यह मजदूर कर्नाटक से आया था कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए इस श्रमिक का नमूना जगदलपुर भेजा गया है गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक कोरोना के उनसठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल कोरोना संक्रमित इकतालीस मरीजों का इलाज चल रहा है कोरोना स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में भारत की भूमिका अन्य देशों से बेहतर रही है इस महामारी के प्रबंधन में एहतियाती कदम उठाने और संक्रियता से रोकथाम के उपाय करने के कारण ही यह संभव हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अड़तीस प्रतिशत से कुछ ज्यादा हो गयी है भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग सात कोरोना मरीज हैं जबकि दुनिया में यह अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर साठ मामले हैं

वहीं प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने के लिए अन्य राज्य सरकारों से समन्वय कर पैंतालीस ट्रेनों के संचालन की सहमति भी दे दी गई हैं प्रदेश में अब तक पन्द्रह ट्रेनों के माध्यम से लगभग बाईस हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है आज भी एक ट्रेन हैदराबाद से छत्तीसगढ़ पहुंची राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में राजनांदगांव और कवर्धा जिले के मजदूरों को उतारा गया जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गृहनगरों के लिए रवाना किया गया इस बीच छत्तीसगढ़ में फंसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए कल बीस मई को बिलासपुर से हरिद्वार के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी यह ट्रेन भाटापारा रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर रूकेगी जहां से प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो सकेंगे वहीं कल दरभंगा से दुर्ग के लिए वन वे श्रमिक स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर कल दोपहर दो बजे दरभंगा से चलेगी छत्तीसगढ़ में यह ट्रेन चांपा बिलासपुर रायपुर और दुर्ग स्टेशनों में रूकेगी कोरोनामजदूर सड़क मार्ग वहीं अब तक राज्य में सड़क मार्ग से पहुंचने वाले करीब तीन लाख प्रवासी श्रमिकों को भी राहत पहुंचाई गई है राजनांदगांव जिले के बागनदी बार्डर पर छत्तीसगढ़ के जिलों तथा अन्य राज्यों तक जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और बसों की व्यवस्था की गई है जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि बागनदी बार्डर से प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और देश के अन्य राज्यों की सीमाओं तक छोड़ा जा रहा है इसी तरह सूरजपुर जिले के तारा चेक पोस्ट पर भी जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के भोजन और उन्हें राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है इस चेक पोस्ट पर आने वाले झारखंड उत्तरप्रदेश और बिहार राज्य के जरूतमंद प्रवासी श्रमिकों की मदद की जा रही है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस चेक पोस्ट पर खुद ही व्यवस्था की निगरानी में लगे हुए हैं इस बीच खबर मिली है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ की दो महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई है वहीं चार अन्य श्रमिक इस दुर्घटना में घायल हुए हैं ये मजदूर राज्य के बिल्हा क्षेत्र के रहने वाले हैं जो यवतमाल से बस द्वारा छत्तीसगढ़ लौट रहे थे मुख्यमंत्री ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए और घायलों को पचास पचास हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान करने को कहा है कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं राजनांदगांव जिले में अब गैर प्रतिबंधित दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी वहीं ठेले और खोचमों के साथा सेलून खोलने की अनुमति दी गई हैं वहीं दुर्ग जिले में भी अब सभी दुकानें शाम छह बजे तक खुली रहेंगी जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा इसी जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र स्थित बोरई गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में नशे की हालत में उत्पात मचाने वाले एक प्रवासी श्रमिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है इधर बिलासपुर जिले को तखतपुर विकासखंड स्थित नेवर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन के इंतजाम की सराहना की इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें समय पर हर तरह की सुविधाए मिल रही हैं वहीं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रायगढ़ शहर को ड्रोन के माध्यम से सैनिटाईज करने का अभियान शुरू किया गया है बोराई दादर के क्वारेंटाइन सेंटर से इस अभियान के शुरूआत हुई इसी जिले के धरमजयगढ़ मुस्लिम समाज के सदर जनाब हाजी हिदायतुल्ला खान ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखत हुए मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे घरों में ही रहकर नजाम अदा करे इस बीच बलरामपुर जिले को सेमली लेन्जुवापारा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर मे ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एक शिक्षक की मौत हो गई

यह टीम आज जिले के परसवारा पंडरिया पहुंची टीम द्वारा इस विकासखंड के तीन गांव और जिले के दस गांवों में एन्टी बॉडी जांच की जाएगी

इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को को पांच स्टार रेटिंग दी गई हैं वहीं राज्य के नौ अन्य शहरी क्षेत्रों को थ्री स्टार और पांच क्षेत्रों को वन स्टार की रेंटिंग मिली हैं आज जारी सूची में अंबिकापुर ने देशभर के सर्वश्रेष्ठ छह शहरों में अपनी जगह बनाई है आज जारी सूची के अनुसार कचरा मुक्त शहरों में थ्री स्टार रेटिंग हासिल करने वाले प्रदेश के शहर है बारसूर भिलाई नगर बिलासपुर जशपुरनगर नरहरपुर पाटन रायगढ़ राजनांदगांव और सरगवां वहीं बरमकेला बेरला चिखलाकसा कटघोरा और पंखाजुर को वन स्टर मिला है इस रेटिंग के लिए किसी भी शहर में स्वच्छता अभियान के साथ ही घर घर से कचरा इकट्ठा करने के अलावा ठोस कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारें को भी आधार बनाया गया था साथ ही इमसें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के तौर तरीकों पर भी शहरों को नंबर दिए गए हैं न्याय योजना प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए परसों इक्कीस मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इक्कीस मई को इस योजना का शुभारंभ करेंगे इस योजना के तहत राज्य के उन्नीस लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और उनके खातों में पांच हजार सात सौ करोड़ रूपए की राशि जमा की जाएगी

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि न्याय योजना के दूसरे चरण में राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल किया जाएगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यिक्षता में समिति गठित कर दी है यह समिति दो महीनें में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी इस योजना के जरिए पिछले खरीफ मौसम में धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम दस हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी वहीं धान फसल के लिए अट्ठारह लाख से अधिक किसानो को पहली किश्त के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी

पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर अधिकतम पन्द्रह क्विंटल प्रति एकड़ धान लेने की सीमा तय की गई है इसके लिए किसानों को पिछले खरीफ मौसम के लिए निर्धारित नीति के अनुसार भुगतान किया जाएगा यह खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्रों में की जाएगी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसमें बलौदाबाजार सरगुजा बीजापुर दंतेवाड़ा कोण्डागांव नारायणपुर और सुकमा जिलों को छोड़कर सभी जिला कलेक्टरों को धान बीज खरीदी के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल के जरिए वर्ष दो हजार चौबीस तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाएगी इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है यह जानकारी श्री बघेल ने आज केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में दी मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरूवा घुरूवा बाड़ी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश के तीस हजार नालों को पुनर्जीवित किया जाएगा

इससे अब पौने दो घंटे के भीतर ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो सकेगी एम्स के डॉक्टरों के अनुसार इस जांच का खर्च करीब पांच सौ रूपए आएगा जो कि पहले की तुलना में काफी कम है एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि यह टेस्ट स्क्रीनिंग और कंफर्म टेस्ट में एक साथ प्रयोग किया जा सकता है इसकी मदद से चौरानवे नमूनों की जांच एक साथ की जा सकती हैं

इसके लिए आज से एप्लीकेशन विण्डो खोल दी गई है इधर रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र से बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है यह चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आठ सेमेस्टर में पूरा होगा इसमें उम्मीदवारों को जेईई मैन्स दो हजार बीस की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा इसके बाद बची हुई सीटों पर दूसरे क्रम में पीईटी के आधार पर प्रवेश मिलेगा उत्कृष्ट विद्यालय प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के चालीस उत्कृष्ट स्कृल खोले जाएंगे प्रदेश के सभी जिलों नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र के तहत इन स्कूलों का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से किया जाना है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल और स्कूलों का चयन भी कर लिया गया है कोरोना गृह मंत्रालय केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे मजदूरों के रेलगाड़ियों से आवागमन के लिए संशोधित मानक ऑपरेटिंग प्रकिया जारी की है इसके तहत रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशवरा कर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति देगा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आवश्यकता के आधार पर रेल मंत्रालय यह तय करेगा कि रेलगाड़ी कितने बजे खूलेगी और कहां कहां रूकेगी इसके बाद रेलवे संबंधित राज्यों को जानकारी देगी ताकि राज्य सरकारें इन राज्यों को उनके घर पहुंचाने के लिए उपयुक्त इंतजाम कर सके रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति होगी यात्रा के दौरान और स्टेशन पर रहने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

संक्षिप्त समाचार बीजापुर के नेलसनार पोटाकेबिन के पास आकशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है महासमुंद जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बीस हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है कोंडागांव के केशकाल में पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रूपए की कीमत का गुटखा और तम्बाकू बरामद किया है वहीं बिलासपुर में भी जिला प्रशासन की टीम ने दर्री घाट मस्तूरी वेदपरसदा और पचपेड़ी सहित अन्य गांवों के दुकानों में छापामार कार्रवाई कर प्रतिबंधित पान मसाला और गुड़ाखू बरामद किया है इन दुकानदारों से सतहत्तर हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया है